राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य रामपुकार सिंह को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई

विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा का प्रथम शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र के दौरान क्ल छह बैठकें होंगी सत्र के पहले दिन कल नव निर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी किया जाएगा सात जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा वहीं नौ दस और ग्यारह जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी इसके अलावा इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य के संपादित किए जाने की भी संभावना है सत्र का समापन ग्यारह जनवरी को होगा इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सक्ती क्षेत्र के विधायक डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री रविन्द्र चौबे और शिवकुमार डहरिया प्रस्तावक बने वहीं ताम्रध्वज साहू प्रेमसाय सिंह तथा कवासी लखमा समर्थक बने वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रस्तावक और नारायण सिंह समर्थक बने जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से धरमजीत सिंह और रेणु जोगी समर्थक बनी विधानसभा प्रदर्शन प्रतिबंध राज्य सरकार ने कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान किसी भी प्रकार के सभा समारोह प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी है प्रशासन ने विधानसभा में शासकीय कार्य सुचारू और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की दृष्टि से यह निर्देश दिए हैं इसके तहत रायपुर शहर के ज्ञानगंगा स्कूल टर्निंग बलौदाबाजार रोड से विधानसभा जीरो प्वाईट अवंति बाई चौक से व्हीआईपी तिराहा जीरो प्वाईट बरौदा चौक से जीरो प्वाईट और कचना मोड़ से धनेली मोड़ तक के क्षेत्रों को शामिल किया गया है यह प्रतिबंध ग्यारह जनवरी तक प्रभावशील रहेगा प्रधानमंत्री किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए कम लागत वाली नई टेक्नोलॉजी के अविष्कार का आह्वान किया है आज जलंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक सौ छठवें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा था उन्होंने कहा कि वे इसमें जय अनुसंधान भी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अटल नवसुजन मिशन की शुरूआत की है प्रोटेम स्पीकर शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रामपुकार सिंह को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य उपस्थित थे वहीं मुख्यमंत्री के सचिव गौरव द्विवेदी पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी राज्यपाल के सचिव सुरेन्द्र कुमार जायसवाल भी मौजूद थे कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव चन्द्रशेखर गंगराड़े ने किया रामपुकार सिंह कल चार जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे श्री सिंह सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और विधानसभा के सदस्य के रूप में आठवीं बार चुने गए हैं पहली बार वे वर्ष उन्नीस सौ सतहत्तर में पत्थलगांव से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे प्रशासनिक फेरबदल राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुजूर को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया है श्री क्जूर ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है इसके पहले अजय सिंह मुख्य सचिव का दायित्व संभाल रहे थे जिन्हें अब राजस्व मंडल बिलासपुर का अध्यक्ष बनाया गया है श्री कुजूर उन्नीस सौ छियासी बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके पास अब तक कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी थी राज्य सरकार ने कल एक बेड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुछ अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के प्रभार भी बदल दिए हैं इनमें राजस्व मंडल बिलासप्र के अध्यक्ष रहे केडीपी राव को कृषि उत्पादन आयुक्त के अलावा कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है वहीं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को आगामी आदेश तक वाणिज्य उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग का भी प्रभार दिया गया है इसके साथ ही प्रशासन ने पुलिस विभाग में भी फेरबदल किया है राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम को गृह जेल और परिवहन विभाग का सचिव बनाया गया है रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा और दुर्ग के पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह अब पुलिस मुख्यालय में पदस्थ होंगे पुलिस मुख्यालय में पदस्थ आईपीएस अधिकारी एसआरपी कल्लूरी को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है वहीं डॉक्टर आनंद छाबड़ा को रायपुर रेज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है जबकि रतनलाल डांगी को दुर्ग रेज के पुलिस महानिरीक्षक का प्रभार दिया गया है

विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे इससे योजना सुचारू ढंग से लागू करने के लिए निर्णय लेने में आसानी होगी औद्योगिक नीति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जल्द ही नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी इसमें औद्योगिकीकरण के साथ ही राज्य में खेती से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा श्री बघेल ने आज भिलाई में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां के कामगारों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए जल्द ही सिटी बस सेवा शुरू करने की बात कही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हथखोज में जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र के नये भवन और हल्का तथा भारी औद्योगिक क्षेत्र में चार दशमलव दो पांच किलोमीटर की सीमेंट कांक्रीट सड़क का भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया गृह मंत्री बैठक गृह मंत्री ताप्रध्वज साहू ने कहा है कि राज्य में नये पुलिस थाना प्रारंभ करते समय जनता की सहूलियत और पुलिस की सुविधा का ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे है जहां से अन्य पुलिस थानों की दूरी नजदीक है जबकि अधिसूचित थाने की दूरी काफी ज्यादा है मोहम्मद अकबर समीक्षा बैठक आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर और कोरबा शहर में वायु प्रद्षण को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने शहरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है श्री अकबर ने कल मंत्रालय में आयोजित पर्यावरण संरक्षण मंडल ग्राम और नगर निवेश रायपुर विकास प्राधिकरण गृह निर्माण मंडल और अटल नगर विकास प्राधिकरण के कार्यों तथा विकास गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की अधिकारी निलंबन राज्य शासन ने अभनपुर नगर पंचायत के दो अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है इनमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल कुमार शर्मा और उप अभियंता सुरेश गुप्ता शामिल हैं निलंबन अवधि में इन दोनों अधिकारियों को नगरीय प्रशासन विभाग के रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानातरित किया गया है गौरतलब है कि नगर पंचायत अभनपुर के दोनों अधिकारियों को हाल ही में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा और बलौदा क्षेत्र के सीएमओ को विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पुष्पेन्द्र बहादुर सिंह निधन प्रदेश के सक्ती क्षेत्र के पूर्व विधायक पृष्पेन्द्र बहादुर सिंह का बीती रात राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिंह को आम जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा याद रखा जाएगा

इस बीच छत्तीसगढ़ अपराध शाखा में पदस्थ और नान घोटाला मामले के जांच अधिकारी टीआई संजय दिनकर देवस्थले को निलंबित कर दिया गया है

छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा आगामी सात से चौदह जनवरी तक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी